और प्रदेश में होलिका दहन का किया जा रहा है आयोजन

देश में नोवेल कोरोना वायरस कोविड उन्नीस के चार और मामलों की पुष्टि हुई है और अब तक तैंतालीस लोग इससे संक्रमित पाए गए है आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि नये चार मामलों की पुष्टि केरल दिल्ली जम्मू और उत्तर प्रदेश में हुई है उन्होंने बताया कि इन चार रोगियों में से तीन इटली से और एक ईरान से आये हैं उन्होंने कहा कि देश में अभी तक कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु होने की खबर नहीं है इधर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर म्यांमार निवासी एक युवक में कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण पाये जाने पर उसे अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार ने बताया कि विदेशी युवक को रक्त नमूना जांच के लिये भेजा गया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने आज नई दिल्ली में कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रबंधन के लिए समीक्षा बैठक की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमित रोगी के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने सामुदायिक निगरानी अस्पताल प्रबंधन आइसोलेशन वार्ड बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी के बारे में व्यापक जागरूकता के प्रसार और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने को कहा गया है मास्क की कमी पर डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि स्वस्थ लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है और केवल संक्रमित लोगों को ही इसे पहनना चाहिए डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि राज्य सरकारों को उनके यहां प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने को कहा गया है डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि देश के सीमावर्ती इलाकों में साढ़े ग्यारह लाख लोगों की भी जांच की गई उन्होंने बताया कि फिलहाल सैंपल की जांच के लिये देश में छियालीस प्रयोगशालाएं परीक्षण संबंधी कार्य कर रही हैं और छप्पन को कलेक्शन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है उन्होंने कहा कि अब तक हवाई अड्डों में पौने नौ लाख से अधिक यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा चूकी है उन्होंने हवाई अड्डों पर यात्रियों से चिकित्सकों और सर्विलांस टीम को सहयोग करने को कहा राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि राज्यसभा के पांच सीटों पर द्विवार्षिक चूनाव के लिये पार्टी दो सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बारह मार्च को दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे छब्बीस मार्च को पांच सीटों के लिये चुनाव होना है इधर कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने राजद से कहा है कि पार्टी अपने वायदे को याद रखते हुए एक सीट कांग्रेस के लिये छोड़े उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में राजद ने राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट कांग्रेस के लिये छोड़ने का आश्वासन दिया था लखीसराय जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत घर की पहचान बेटी के नाम अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत जिले में बेटी के जन्म होने पर घर का नामकरण लड़की के नाम पर किया जाता है जिलाधिकारी एसके चौधरी ने बताया कि इससे लोगों में बेटियों के जन्म पर गर्व की अनुभूति हो रही है इस तरह के प्रयोग से जिले में स्त्री पुरूष लिंगानुपात की स्थिति में भी सुधार हो रहा है

देशवासियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार पोषण अभियान का प्रमुख कार्यक्रम चला रही है इसके अंतर्गत बच्चों गर्भवती स्त्रियों और दुग्धपान कराने वाली मातओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है यह कार्यक्रम सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका पता इस बात से चलता है कि चौदह केन्द्रीय विभाग और सभी राज्य सरकार पोषण अभियान में भागदारी कर रही हैं आज होलिका दहन किया जा रहा है लोग सार्वजनिक स्थानों पर अगजा सजाकर होलिका दहन कर रहे हैं महिलाओं ने प्ररे विधि विधान के साथ होलिका पूजन किया होली का त्योहार कल मनाया जायेगा पर्व को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं इधर होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है इधर होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं पारा मिलिट्री फोर्स की कम्पनी को पटना और भागलपुर में तैनात किया गया है हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवानों ने विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश वासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर कई स्थानों पर अबीर और रंग लगाने के स्थान पर फूलों से ही अभिवादन कर होली की शुभकामनाएं और बधाईयां दी जा रही हैं भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने आज बांका में नमस्ते होली मनायी और लोगों को गुलाब का फूल देकर पर्व की शुभकामनाएं दीं होली के मददेनजर शराब तस्करों के खिलाफ प्रलिस और उत्पाद विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है इस दौरान राज्य भर में कई स्थानों पर लाखों रूपये मूल्य की शराब जब्त की गयी है वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दौलतपुर के पास से पुलिस ने एक ट्रक से दस लाख रूपये से अधिक मूल्य की शराब जब्त की है पुलिस ने बताया कि सब्जियों के बोरे में शराब को छिपाकर रखा गया था इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है इधर कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र स्थित बैंक ग्राहक सेवा कोन्द्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है इस मामले में केन्द्र के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं खगड़िया जिले में बेलदौर थाना क्षेत्र के इतमादी पंचायत के बारूण गांव में पुलिस ने एक घर से लगभग एक हजार बोतल शराब जब्त की है राजधानी पटना सहित राज्य के कई इलाकों में आज हल्की बारिश की सम्भावना है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ट्रफ लाईन गुजर रही है जिसके प्रभाव से अगले बहत्तर घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है सीवान जिले में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक कंपनी के कर्मी से अठारह लाख रूपये लूट लिये पुलिस सूत्रों के अनुसार तीन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के मोहता गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुयी गोलीबारी में चार लोग घायल हो गये शेखप्रा जिले के सिरारी स्थित स्वास्थ्य उप केन्द्र को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत टेली मेडिसीन सेंटर बनाया गया है इस केन्द्र द्वारा अभी तक चालीस लोगों का सफल इलाज किया जा चुका है सीतामढ़ी जिले के नगर पंचायत जनकपूर रोड में मुख्य पार्षद के पद पर मीना देवी और उपाध्यक्ष के पद पर श्याम राज निर्वाचित हुए हैं ग्यारह सदस्यों वाले सदन में दोनों को छह छह मत प्राप्त हुए कटिहार जिले में ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जायेगी पुलिस निरीक्षक रंजन कुमार ने बताया कि जिला पुलिस को प्रदूषण स्तर मापने के लिये शोर मापक यंत्र उपलब्ध करवाये गये हैं और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तैंतालीस हुई

और प्रदेश में होलिका दहन का किया जा रहा है आयोजन